श्री लिबांग ने अधिकारियों और कर्मियों से घर घर जाकर महिलाओं को इस योजना के लाभ के बारे में जानकरी देने और शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की

केंद्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थिरियां काली खांसी टिटनेस पोलिय टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है चुने गये क्षेत्रों में एनसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएन्जा से बचाव के टीके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं

लोंगडिंग़ जिले के कानुबारी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके नोकचोंग बोहाम लंबे समय से बीमार चल रहे थे

पूर्व मंत्री नोकचोंग बोहाम का आज उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

उन्होंने कहा कि भारत ने आठ साल पहले पोलियो को निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही सफलतापूर्वक समाप्त किया था

उन्होंने कहा कि रक्तदान मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है उन्होंने लोगों से नियमित रुप से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि इससे हृदय रोग से बचा जा सकता है

इनमें निजी क्षेत्र के नौ हजार से अधिक अस्पताल शामिल हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी इस सूची में दो हजार आठ सौ छप्पन अस्पतालों के साथ गुजरात शीर्ष पर है कर्नाटक में दो हजार आठ सौ उनचास और उत्तर प्रदेश दो हजार तीन सौ बारह अस्पताल इस योजना में शामिल हुए है

राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कल पासीघाट में इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया